प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में अस्थि कलश पार्टी प्रदेश अध्यक्षों को सौंपे भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि देश के सभी लोग और पार्टी कार्यकर्ता श्री वाजपेयी को श्रद्वांजलि अर्पित करना चाहते हैं इसीलिए सभी राज्यों में अस्थि कलरा यात्रा का निर्णय लिया गया है यात्रा राज्यों की राजधानियों से शुरू होकर सभी प्रखंडों से ग्जरेगी इस अवसर पर वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सृषमा स्वराज और दिवंगत नेता के परिजन उपस्थित थे केन्द्र ने अन्तरराष्ट्रीय मागों पर किफायती हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना का मसौदा जारी कर दिया है उड़ान योजना के विस्तार के तहत इन रूटों की पहचान राज्य सरकारें करेंगी अन्तरराष्ट्रीय हवाई सम्पर्क आईएसी योजना के तहत देश में अंतरराष्ट्रीय मार्गो पर दो हजार सत्ताईस तक टिकटों की बिक्री बढ़ाकर बीस करोड़ करने का लक्ष्य है इस योजना के अनुसार केवल उन राज्यों को प्रोत्साहन दिया जायेगा जो योजना को लागू करने में सहयोग देंगे मसौदे पर चार सितम्बर तक सुझाव मांगे गए हैं लोगों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना वर्ष दो हजार सोलह में लागू की गई थी उत्तर प्रदेश कियानमंडल का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है इससे पूर्व विघानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सदन को सुवारू रूप से चलाने के लिए कल लखनऊ में एक सर्वदलीय बैठक गुलाई इस बैठक में ग्रुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विपक्षी दल के नेता शामिल हुए विघानसभा अध्यक्ष ने सभी राजनैतिक दलों से मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में अपना सहयोग देने की अपील की उन्होंने कहा कि सदन को व्यवस्थित तरीके से चलाना सभी की जिम्मेदारी है केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्द्घन सिंह रावैर ने कहा है कि अगले साल से स्कूलों में खेल के पीरियड को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा उन्होंने कहा कि मंत्रालय खेलों को बढ़ावा देने के लिए और भी उपयों पर विचार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की छब्बीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साम्रा करेंगे

श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव मेज सकते हैं वे टोल फ्री नम्बर एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व आज प्रदेश भर में परम्परागत ढंग से आस्था के साथ हर्षोल्लास के तावातरण में मनाया गया मस्जिदो में ईद उल अजहा यानी बकरीद की विशेष नमाज अदा की गयी विभिन्न मस्जिदों में अलग अलग समय पर लोगों ने नमाज अदा की त्यौहार के मद्देनजर प्रदेश में आज सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये थे लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह और आसिफी इमामबाड़ा सहित विमिन्न स्थानों पर मुस्लिम श्रद्वालुओं ने नमाज अदा कर के एक दूसरे को त्यौहार की बाघाई दी राज्यपाल राम नाईक और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ऐशबाग ईदगाह जाकर लोगों को पर्व की बघाई दी प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी कड़े सुरक्षा प्रबंघों के बीच लोगों ने बकरीद की नमाज अदा की उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने आगामी रक्षा बंधन के पर्व पर यात्रियों की सुविघा के लिए चौबीस से उन्तीस अगस्त के बीच अतिरिक्त बसे चलाने का फैसला किया है ये बसे दिल्ली गाजियाबाद सहित कई रूटों पर चलाई जायेंगी शामली जिले के झिनझाना थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव में जहरीली शराब पीने से पांव लोगों की मौत होने की खबर है इनमें से दो लोगों की मौत कल रात को हो गयी थी जबकि तीन लोगों ने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया इस मामले में स्थानीय चौकी प्रमारी और चार सिपहियों को निलम्बित कर दिया गया है मामले की जांच स्थानीय क्षेत्राधिकारी को सौंपी गयी है प्रदेश में विभिन्न जनपदों में बाढ़ की स्थिति अमी भी गंभीर बनी हुई है राज्य की प्रमुख नदियां शारदा घाघरा सरयू और राप्ती उफान पर है जिससे नदी के आसपास के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गये हैं बलरामपुर जिले के श्रीद्त खंड में राप्ती नदी पर बना काकरा राजधाट तटबंध कल टूट गया था इसके मरम्मत का कार्य जिला प्रशासन जोर शोर से कराया जा रहा है उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह से रूक रूक कर हल्की से लेकर मध्यम हो रही है